राज्यसभा ने नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पारित कर दिया है सदन ने विधेयक को एक सौ पांच के मुकाबले एक सौ पच्चीस वोटों से मंजूरी दी लोकसभा ने इस विधेयक को पहले ही पारित कर दिया है सदन ने विधेयक पर विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए इसे मंजूरी दी बहस का उत्तर देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि यह विधेयक पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को मुसीबतों से छूटकारा दिलाने के लिए एक ऐतिहासिक आवश्यकता है उन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पर देश के विभाजन के बाद इन देशों में अल्पसंख्यकों को लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है

हम एक तीन देशों की माइनॉरटी को ले रहे हैं और सभी की सभी माइनॉरटी को ले रहे हैं एक क्लास को ले रहे हैं और उसमें भी वो क्लास को जो धार्मिक प्रताडना से प्रताडित है इसलिए रिजनेबल क्लीसिफिकेशन के आधार पर ये संसद को कानून बनाने का अधिकार है गृहमंत्री ने सवाल किया कि कांग्रेस धर्म के आधार पर भारत के विभाजन को कैसे राजी हुई नागरिकता संशोधन अधिनियम में उन्नीस सौ पचपन के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान के छह समुदायों के अवैध आप्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र बनाने का प्रावधान किया गया है ये समुदाय हैं हिन्दू सिक्ख बौद्ध जैन पारसी और ईसाई इस विधेयक की संवैधानिकता को लेकर सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए श्री शाह ने कहा कि इसमें शर्तों को पूरा करने के लिए तर्क संगत तरीके से वर्गीकरण किया गया है उन्होंने कहा कि उच्च सदन को जनता की भलाई की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कानून बनाने से नहीं हिचकना चाहिए उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि इस विधेयक में किसी भी मुसलमान की नागरिकता छीनने का कोई प्रस्ताव नहीं है उन्होंने जोर देकर कहा कि इसमें पड़ोस के तीन देशों में धार्मिक कारणों से सताये गये लोगों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है गृहमंत्री ने राज्यसभा को बताया कि पिछले पांच वर्षों में भारत ने इन देशों के पांच सौ छियासठ मुसलमानों को भी नागरिकता देने में उदारता दिखायी है उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के विपरित एन डी ए सरकार की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर विस्तृत परिभाषा है चर्चा के दौरान कांग्रेस वामपंथी दलों तृणमूल कांग्रेस समाजवादी पार्टी डीएमके बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तेलांगना राष्ट्र समिति ने विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए इसका विरोध किया कांग्रेस के कपिल सिब्बल का कहना था कि इसके ऐसे द्रगामी परिणाम होंगे जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने विधेयक को असंवैधानिक बताया समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान ने भी सरकार पर आरोप लगाया कि यह विधेयक देश के घर्म निरपेक्ष स्वरूप पर हमला है

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक को एक समान अधिकार दिये हैं और इस विधेयक को आगे जांच के लिए प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि विधेयक का विरोध करने वालों को राष्ट्रविरोधी करार देना गलत है उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हुआ है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इससे पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को धार्मिक उत्पीड़न से मुक्ति मिल जायेगी नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि श्री मोदी ने कहा है कि इस कानून के बनने से उन लोगों के जीवन में अस्थिरता खत्म हो जायेगी जो भारत में रह रहे हैं लेकिन उन्हें नागरिक अधिकार और अन्य सुविधाएं हासिल नहीं हो पाती बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड में दिल्ली की साकेत स्थित पाक्सो अदालत आज मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत बीस आरोपियों पर फैसला सुना सकता है इस मामले में सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर समेत इक्कीस अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था इससे पहले चौदह नवम्बर को इस कांड में फैसला आने वाला था लेकिन दिल्ली में अधिवक्ताओं की हड़ताल की वजह से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने फैसला टालते हुए बारह दिसम्बर की तिथि तय की थी इस मामले में आरोपित बीस लोग अलग अलग जेलों में बंद हैं जबकि एक की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में मौसम के मिजाज में तेजी से बदलाव आ रहा है मौसम विभाग ने कहा है कि आज राजधानी पटना और गया समेत प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बादल छाये रहेंगे कुछ इलाकों में कल और परसो बारिश होने की संभावना है प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दिन में अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है हालांकि न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है राजधानी पटना के चार सौ चार सरकारी भवनों को वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए चिन्हित किया गया है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पानी के संरक्षण के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग शुरू हो गया है बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन की नयी कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है इसमें डॉक्टर देवकीकांत चौधरी को अध्यक्ष और डॉक्टर सहजानंद सिंह को महासचिव चुना गया है एनजीटी के आदेश पर राज्य में पहले चरण में तीन सौ पचास बालू घाटों की पांच साल के लिए बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू हो गयी है इसके लिए खान और भूतत्व विभाग ने टेंडर जारी कर दिया है पूर्व मध्य रेलवे ने बढ़ते कुहासे को देखते हुए सोलह दिसम्बर से चौबीस ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है ग्यारह जोड़ी ट्रेनो को पूर्णतः और उन्नीस ट्रेनों को सप्ताह मे एक से तीन दिनों तक रद्द किया है इसके साथ ही एक जोड़ी ट्रेन को शार्ट टर्मिनेशन और तीन जोड़ी ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस को संसद से मंजूरी मिलने को अपनी सुर्खी बनाया है अखबारों ने इससे जुड़े अन्य तथ्य भी प्रकाशित किये हैं हिन्दुस्तान ने शीर्षक लगाया है भीषण विरोध के बावजूद बिल पास जबकि प्रभात खबर का शीर्षक है संसद से बिल पास तीन देशों के गैर मुस्लिम शरणर्थी बन सकेंगे नागरिक दैनिक जागरण न सुर्खी बनायी है पूर्वोत्तर में विरोध में हिंसक प्रदर्शन त्रिपुरा में सेना तैनात दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है बिहार में मेडिकल इंजीनियरिंग की डिग्री देने वाले आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंस्पेक्टर की डिग्री ही फर्जी राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है वेस्टइंडीज पर भारत की धमाकेदार जीत और अब अंत में मुख्य समाचार नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस को संसद की मिली मंजूरी